राजगढ़ में करेंगे मोहनपुरा सिंचाई परियोजना का शुभारंभ और सफाई में अव्वल रहे शहरों को करेंगे इंदौर में सम्मानित

पीएम स्वच्छता महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंदौर में शहरी विकास महोत्सव स्वच्छता पर्व में शामिल होने के लिए प्रदेश की यात्रा पर रहेंगे इस अवसर पर श्री मोदी राज्य में चार हजार करोड रूपये से अधिक की विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं का उदघाटन भी करेंगे इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पेयजल आपूर्ति योजना शहरी ठोस कचरा प्रबंधन शहरी स्वच्छता शहरी यातायात और शहरी सौन्दर्यकरण परियोजनाएं शामिल हैं

इस अवसर पर एक स्वच्छ नवाचार एक स्वच्छ प्रणाली और एक स्वच्छ उद्यम को भी पुरस्कांर दिया जाएगा इस यात्रा के दौरान श्री मोदी मोहनपुरा वृहद परियोजना देश को समर्पित करेंगे इस परियोजना से राजगढ़ जिले के सात सौ सत्ताइस गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी इसके अलावा तीन समुह नलजल प्रदाय योजनाओं के शिलान्यास से पेयजल और उद्योगों के लिये लाखों घन मीटर अतिरिक्त पानी मिलेगा

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना कृषक उद्यमी योजना और स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए महिला स्व सहायता समूहों तथा महिला स्व सहायता समूह फेडरेशनों को भी पात्र मानने का निर्णय लिया है

अवार्ड महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस को आज नई दिल्ली में स्कॉच स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने श्रीमती चिटनिस को यह अवार्ड उनके नेतृत्व में प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में किये गये उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया श्रीमती चिटनिस ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मजदूरी में लगी महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान सहायता के लिए संचालित की गई है प्रसव से पहले या बाद के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाने और इस अवधि में महिलाओं को आराम मिल सके इस उद्देश्य से मजदूरी की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में महिलाओं को यह आर्थिक सहायता दी जाती है

प्रदेश में निवेशके लिये सबसे बेहतर वातावरण बना हुआ है

आयोग से मिली जानकारी के अनुसार भोपाल के शाहजहांनाबाद क्षेत्र स्थित निजी अस्पताल पहुंची गर्भवती को चिकित्सक ने दर्द बढ़ाने वाला इंजेक्शन दिया इससे प्रसूता आठ घंटे तक दर्द से तड़पती रही और उसे मृत बच्चा पैदा हुआ चिकित्सक की लापरवाही के कारण केस इतना बिगड़ गया कि बच्चेदानी को बाहर निकालना पड़ा आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए भोपाल के प्रलिस उप महानिरीक्षक से तीन सप्ताह में जांच प्रतिवेदन तलब किया है

विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने मामले की सुनवाई के बाद कल अब् फैजल मोहम्मद इकरार और मोहम्मद साजिद को दोषी सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज सीहोर जिले के प्रवास के दौरान आँगनबाड़ी केन्द्र का अवलोकन किया राज्यपाल ने वहाँ बच्चों से बातचीत की और आँगनबाड़ी कार्यकर्ता से केन्द्र के संबंध में और बच्चों को पढ़ाने सिखाने के बारे में जानकारी प्राप्त की राज्यपाल ने आँगनबाड़ी बच्चों को दिये जाने वाले पोषण आहार को चखकर भी देखा और केन्द्र द्वारा बाँटी जाने वाली अन्य सामग्री के बारे में जानकारी ली श्रीमती पटेल ने केन्द्र में आने वाली महिलाओं से उनको दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली इस अवसर पर सीहोर के कलेक्टर तरूण कुमार पिथोड़े अन्य लोग उपस्थित थे पुरस्कार प्रदेश के स्मार्ट सिटी भोपाल और जबलपुर में पांच श्रेणियों में स्मार्ट सिटी अवार्ड हासिल किये हैं केन्द्रीय आवासीय और शहरी गरीबी उन्मूलन विभाग द्वारा घोषित पुरस्कारों में भोपाल शहर को तीन और जबलपुर शहर को दो श्रेणियों में ये पुरस्कार मिले हैं भोपाल शहर को पल्बिक बाइक शेयरिंग समेकित कमान नियंत्रण केन्द्र और इन्क्यूवेशन सेंटर की श्रेणी में पुरस्कार मिले हैं वहीं जबलपुर को स्मार्ट क्लासरूम और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट श्रेणी में ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं रोजगार मेला प्रदेश के विभिन्न जिलों में कौशल और रोजगारों मेलों का आयोजन किया जा रहा है

वहीं ग्वालियर में पर्यटन आधारित रोजगार मेला लगाया गया है इस मेले में एक दर्जन से अधिक संस्थान कैम्पस भर्ती के लिये आये इस मेले में इन्दौर और पीथमपुर सहित प्रदेश की पच्चीस से अधिक कंपनियां शामिल हुई इसके पहले सीहोर खंडवा और बालाघाट में सम्पन्न रोजगार मेलों में बड़ी संख्या में कंपनियों ने युवाओं को नौकरी के लिए चयन किया रेत उत्खनन कार्रवाई मुरैना जिला कलेक्टर भरत यादव ने कहा है कि अवैध रूप से रेत उत्खनन और परिवहन करने वाले खनिज माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी

इस महीने के अंत तक मच्छरदानी शहडोल पहुंच जायेगी